मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के लिए करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश में सीरो सर्विलेंस शुरू हो गया है आईसीएमआर की टीमें रायपुर दुर्ग और राजनांदगांव जिले में लोगों के नमूने एकत्र कर रही हैं

कृषि सुधार विघेयक लोकसभा ने कल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक तथा किसान कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि सुधार नए विधेयक किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में इन सुधारों से किसानों को अपनी उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे और इससे उनका लाभ बढ़ेगा श्री मोदी ने कहा कि इन कानूनों से देश के किसान सशक्त बनेंगे और उन्हें आध्निक प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा देश के किसानों के कल्याण की दिशा में कृषि सुधारों की दिशा में कल देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था कल विश्वकर्मा जयंती के दिन लोकसभा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं इन विघेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई आजादी के बाद किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम हुआ है प्रधानमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी श्री मोदी ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को और ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है पहले भी थे आज भी हैं आगे भी रहेंगे सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है जहां चाहे वहां बेच सकता है अगर वो कपड़ा बनाता है जहां चाहे बेच सकता है वो बर्तन बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है वो जूते बनाता है कहीं पर भी बेच सकता है लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया है मजबूर किया गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष कृषि सुधार विधेयक का विरोध करने के माध्य्यम से लोगों को गुमराह कर रहा है मुख्यमंत्री किसान अध्यादेश दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार का एक राष्ट्र एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के विकास कार्यो के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अध्यादेश से मण्डी का ढांचा खत्म होगा जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले में अरपा महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा की इस दौरान उन्होंने इस नवगठित जिले के लिए करीब तीन सौ तैंतीस करोड़ रूपये के दो सौ आठ विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया

इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की टीम ने रायपुर दुर्ग और राजनांदगांव जिले के लोगों के शरीर में एंटीबॉडी की जांच के लिए सैंपल एकत्र किए इस काम में आईसीएमआर की तीन अलग अलग टीमें लगी हुई हैं इन टीमों द्वारा आम लोगों और ज्यादा जोखिम वाले समूहों के साथ साथ अस्पताल स्टाफ पुलिस प्रवासी श्रमिकों औद्योगिक और मीडियाकर्मियों सहित भीड़ के बीच काम करने वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं गौरतलब है कि सीरो सर्विलेंस के जरिये खून की जांच कर संक्रामक बीमारियों के खिलाफ शरीर में पैदा हुए एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है इस सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी इस बीच राज्य सरकार ने निजी चिकित्सालयों और निजी लैबों को एंटीजन ट्रू नॉट और आरटी पीसीआर जांच की पात्रता के संबंध में आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्देश जारी किए हैं गाइडलाइन के अनुसार सभी पात्रता होने पर इच्छुक निजी अस्पताल या निजी लैब कोरोना संक्रमण जांच की अनुमति के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में रह रहे इक्कीस हजार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों को मेडिसीन किट उपलब्ध कराई है साथ ही स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन के मरीजों और उनके परिजनों को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा दिशा निर्देशों की जानकारी भी दे रहा है गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित बाईस हजार चार सौ पैंतीस मरीजों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की सेहत की निगरानी करने के लिए समी जिलों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं कोरोना समाचार इस बीच रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कोरोना पॉजीटिव मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए स्थापित कोविड केयर सेंटर में चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी है इसी तरह कोविड केयर सेंटर में मूलभूत सुविधाओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है ये नोडल अधिकारी इन केन्द्रों में भोजन पेयजल और साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे इधर महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कोरोना संक्रमण के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर के तीन जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है ये अधिकारी कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटिड कोविड अस्पतालों में सैंपलिंग तथा टेस्टिंग के प्रबंधन की निगरानी तथा समीक्षा करेंगे इसी तरह बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने भी कोरोना संक्रमण के बेहतर प्रबंधन और निगरानी के लिए अधिकारियों को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है इसी जिले के युवोदय वॉलिंटियरों के द्वारा जगदलपुर शहर की सड़कों बाजारों और मुख्य स्थानों में लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा रहा है उधर रायगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए वर्चुअल विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर में शिक्षक शिक्षिकाओं सहित नौ ब्लॉक के करीब साढे चार सौ छात्र ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए इधर दुर्ग जिले में आगामी बीस से तीस सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है इस दौरान लॉकडाउन की शर्तो का उल्लंघन करने वाले दुकानों या संस्थानों को पंद्रह दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा वहीं आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी

इधर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को राजनांदगांव जिला भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया कार्यकर्ताओं ने अपने घरों के आसपास झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया वहीं बालोद जिले में सत्तर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस मौके पर रक्तदान किया गया निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के दस नगरीय निकायों में होने वाले आम चुनाव और मगरलोड नगर पंचायत में उपचुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार किए जाने के कार्यक्रम पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दी है इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और संबंधित निकायों के अमलों के कोरोना पॉजीटिव पाए जाने के कारण कलेक्टरों के अनुरोध पर मतदाता सूची कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सुची तैयार किए जाने का कार्यक्रम बीते इक्कीस जुलाई को जारी किया गया था जिसके तहत नौ जून को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाना था तथा अट्ठारह सितंबर तक दावा आपत्ति आमंत्रित किए गए थे

इसके अनुसार सभी विश्वविद्यालयों को प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अंकसूची जारी करने के संबंध में तथा अंतिम वर्ष के नियमित सहित सभी वर्षो के स्वाध्यायी छात्रों की परीक्षा आयोजन के संबंध में पूर्व में जारी निर्देश का पालन करने कहा गया है संचालनालय ने महाविद्यालयों को उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण और उनके संकलन के लिए छात्रों को परीक्षा केन्द्र तक बुलाने से भी मना किया है संचालनालय ने कहा है कि परीक्षार्थियों को भौतिक रूप से महाविद्यालय में बुलाने संबंधी कार्यवाही कोविड महामारी को लिए जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है इस बीच रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र दो हजार उन्नीस बीस की वार्षिक परीक्षाओं के बाकी बचे प्रश्न पत्र और सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के वितरण कार्य पर तत्काल रोक लगा दी है कुलसचिव ने इस संबंध में विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यो और केन्द्राध्यक्षों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कारखाना अधिनियम संशोधन प्रदेश में जिन कारखानों में महिला कर्मचारी काम करती हैं वहां पच्चीस महिलाओं के बीच एक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी साथ ही इन शौचालयों में सेनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराना होगा इसके अलावा शौचालय में डिस्पोजल डिब्बें ढक्कन के साथ रखने होंगे इसी प्रकार प्रत्येक पच्चीस पुरूषों के बीच भी एक शौचालय होना आवश्यक है जिन कारखानों में पुरूषों की संख्या सौ से अधिक हो वहां पहले सौ तक प्रति पच्चीस पुरूषों के लिए एक शौचालय और उसके बाद प्रति पचास पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करनी होगी इसके लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ कारखाना अधिनियम उन्नीस सौ बासठ में संशोधन किया है सिविल जज परीक्षा प्रदेश में सिविल जज मुख्य परीक्षा आगामी इक्कीस सितंबर को रायपुर और बिलासपुर में आयोजित की जाएगी दुर्ग जिले में आगामी बीस से तीस सितंबर तक संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है इसके मद्देनजर जिले के ऐसे परीक्षार्थी जो सिविल जज की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे उनके लिए लोक सेवा आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र को ही ई पास के रूप में मान्य किया गया है जिससे परीक्षार्थी अपने निवास स्थान से रेलवे बस स्टेशन अथवा अन्य माध्यम से रायपुर बिलासपुर के लिए परीक्षा के दिन आवाजाही कर सकते हैं जवान हत्या बीजापुर जिले में माओवादियों ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ के एक जवान की हत्या कर दी है मृतक जवान पिछले पांच दिनों से लापता था जवान का शव आज सुबह बीजापुर गंगालूर मार्ग के पदेड़ा गांव के पास सड़क किनारे पाया गया जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी

मिली जानकारी के मुताबिक मृतक जवान मल्लूराम सूर्यवंशी बिलासपुर का रहने वाला था और वह सीएएफ की पाइनियर प्लाटून में पदस्थ था

इस दौरान वे सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से रूबरू हुए श्री जुनेजा ने बस्तर संभाग के अपने इस दौरे के दौरान विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ ही सीआरपीएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ बैठक कर माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा की हादसा कोंडागांव जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई

मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक तीस पर बनियागांव के पास दो मोटरसाइकिल सवार विपरीत दिशा से आ रही चारपहिया वाहन से टकरा गए घटना के बाद चारपहिया वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं तीन अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं इस बीच इसी जिले के केशकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत छिंदली गांव में दो नाबालिग बालिकाओं द्वारा एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है मृतक बालिकाओं की उम्र ग्यारह और चौदह साल बताई जाती है फिलहाल आत्महत्या के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है इधर रायपुर जिले के खरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत केसला गांव में पति पत्नी सहित तीन बच्चों को आज गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के बाद उनकी हालत सामान्य बताई जाती है जानकारी के मुताबिक जहरीले पदार्थ के सेवन से इनकी तबीयत बिगड़ गई थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया रेलवे स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता पखवाड़े के तीसरे दिन आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर और रायपुर रेलमंडल में सभी कार्य परिसरों और स्टेशनों में स्थित कार्यालयों विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया गौरतलब है कि भारतीय रेलवे द्वारा स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है इसके अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में बीते दिनों चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत बिलासपुर रायगढ़ अंबिकापुर भिलाई सहित विभिन्न शहरों से नौ टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया है मौसम अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने अथवा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती धेरा बना हुआ है इसके असर से प्रदेश के बस्तर और उससे लगे हुए जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार कबीरधाम जिले में आज शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत हो गई यह घटना तरेगांव जंगल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलदली बरघाट की है वहीं महासमुंद जिले में आज दोपहर दलदली जंगल के पास आकाशीय बिजली गिरने से सत्रह बकरियों की मौत हो गई जांजगीर चांपा जिले में खनिज का अवैध परिवहन करने के आरोप में चार वाहनों को जब्त किया गया है रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके नाम पर कोई फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे मांग रहा है जांजगीर चांपा जिले में कोटवार एसोसिएशन ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन आज कलेक्टर को सौंपा मुंगेली स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र में आज पोषण अभियान और कृषि संगोष्ठी का आयोजन किया गया